उन्होंने कहा कि सरकार ने जनधन के जरिए गरीबों को पहली बार बैंक तक पहुंचाया था आज इस पहल से हम बैंकको गरीबों तक पहंचा रहे हैं

इस बैंक का उद्देश्य आम लोगों के लिए बैकिंग सेवा को सुलम और आसान बनाना है ताकि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य तेजी से प्राप्त किया जा सके इसके लिए देशभर में मौजूद डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है

जयपुर शाखा का उद्घाटन केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलात मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने किया इस मौके पर कर्नल राठौड़ ने कहा कि डाक सेवकों पर जनता का हमेशा से विश्वास रहा है और अब पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरूआत के बाद ये समाज की तरक्की में और मजबूती से अपनी भूमिका निभा पाएंगे

बीकानेर में कोन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने नागौर में केन्द्रीय राज्यमंत्री सीआर चौधरी सिरोही में गौपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी झालावाड में सांसद दुष्यतं सिंह बूंदी में सांसद राजकुमार वर्मा जैसलमेर में सांसद नारायण लाल पंचारिया जालौर में सांसद ओम माथुर सवाईमाघोपुर में संसदीय सचिव जितेन्द्र गोठवाल दौसा में विधायक शंकर शर्मा ने इंडिया पोस्ट पेमेंट र्बैंक का उद्घाटन किया

श्रीमती राजे ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में राज्य में अभूतपूर्व विकास हुआ है

मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा के मामले में राजस्थान देशमर में दूसरे स्थान पर आ गया है

श्री कोविंद ने आज नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड एसोसिएशन की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि न्याय मिलने में देरी भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए अभिशाप है उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में ही सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया जाना चाहिए

जैन मुनि लम्बे समय से पीलिया से पीड़ित थे आज दोपहर बाद गाजियाबाद के पास तरूण सागरम र्तीर्थ पर जैन मुनि का अंतिम संस्कार किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीऔर मुख्यमंत्री वसुंघरा राजे ने जैन मुनि के असामयिक निघन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

आज जयपुर में जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विशेष रूप से विद्यालयों में पेयजल और वहां बने शौचालयों की साफ सफाई केलिए पानी की पुख्ता व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये

मण्डियों में आज व्यापारियों और आढतियों ने प्रदर्शन किया

न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम बीमा कवरेज देने वाली इस योजना का बीकानेर के लोग भी लाभ उठा रहे हैं

एशियाई खेल इतिहास में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है

खेल और यूवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने इस उपलब्धि के लिए समी खिलाड़ियों और देशवासियों को बघाई दी है